प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने सहयोगी देशों के विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उनका पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है इस लक्ष्य को कौशल निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों किफायती दर पर दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर तथा जानकारी के आदान प्रदान के कार्यक्रमों में सहयोग के जरिए हासिल किया जा सकेगा श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में चौथे भागीदारी मंच का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत उन शुरूआती देशों में शामिल है जिन्होंने किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने पर विशष जोर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए बड़ी बजट राशि आवंटित करने और इसकी निगरानी के लिए सोच में बदलाव की जरूरत है श्री मोदी ने कहा मां स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और बच्चे का स्वस्थ रहना उसका भविष्य तय करेगा

इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को तेजो से लागू करने के लिए सभी प्रयास सुनिश्चित करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विवाह पंचमी के अवसर पर नेपाल के ऐतिहासिक शहर जनकपुर में सुप्रसिद्ध जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की मंदिर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया

प्रांतीय सरकार ने उनका अभिनंदन किया इस अवसर पर नेपाल के संस्कृति मंत्री रबिन्द्र अधिकारी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी मौजूद थे हिन्दू कलैन्डर के अनुसार माघ शीर्ष में शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्रीराम और देवी सीता का विवाह हुआ था विवाह पंचमी का यह पर्व भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच प्राचीन और गहरे सामाजिक व सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूती प्रदान करता है इस अवसर पर भारत से भी बड़ी संख्या में श्रद्वालु जनकपुर जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नवनियुक्त गर्वनर शक्तिकांत दास ने आज अपना पदभार संभाल लिया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के त्याग पत्र के बाद श्री दास को इस पद पर नियुक्त किया गया था उन्नीस सौ अस्सी बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस रहे शक्तिकांत दास नोटबंदी के दौरान वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं श्री दास की नियुक्ति तीन वर्षो के लिये की गई है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से टेली मेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी की सह्लते अगले माह से शुरू कर दी जायेंगी जबकि जनवरी माह के दूसरे पखवाड़े में एक सौ पचास मोबाइल मेडिकल यूनिटस भी लांच की जायेंगी

उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन के तहत लोगों को टेली कंसल्टेंसो और वीडियो कंसल्टेंसो की सुविधा मिलेगी जबकि टेली रेडियोलॉजी में एक्स रे सोटी स्कैन और एमआरआई की सहूलत दी जायेगी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

प्रदेश के कई ज़िलों में बूंदाबांदी और तेज़ हवाओं की वजह से अचानक ठंडक में बढ़ोत्तरी हो गई है आगरा और फ़िरोज़ाबाद में आज सुबह बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई और ठंड में इजाफा हो गया है मौसम में अचानक आये इस बदलाव से न सिर्फ आवागमन पर असर पड़ा है बल्कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी अपेक्षाकृत कम रही उधर बदायूं मैनपुरी और पीलीभीत ज़िलों में बूंदाबादी और कानपुर में तेज़ हवाओं के कारण सर्दी बढ़ गई है शाहजहांपुर और हमीरपुर में दिनभर धुंध छायी रही जबकि सर्द हवाओं का क्रम जारी है राजधानी लखनऊ में ठंडी हवा और बदली छायी रहने से लोगों ने मौसम में अचानक आये परिवर्तन का एहसास किया इस बीच ज़िलाधिकारी कौशल किशोर शर्मा ने मौसम में बदलाव और ठंड के कारण लखनऊ ज़िले के इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यालयों को कल सुबह नौ बजे से खोलने का निर्देश दिया है जौनपुर जिले में एक मार्ग दुर्घटना में तीन महिलाओं सहित छह लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गये हैं यह हादसा आज दोपहर केराकत थाना क्षेत्र के तहत कुसरना गांव के करीब उस समय हुआ जब टायर फटने से तेज़ रफ़्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सवारी से भरी एक टैम्पो पर चढ़ गया घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें ज़िला अस्पताल भेज दिया गया है

श्री पाण्डेय आज लखनऊ में इंवेस्टर्स समिट के दौरान हुए एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने उद्यान प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों को और अधिक सुविधायें देने के लिये मौजूदा प्रसंस्करण नीति में संशोधन किये जाने के लिये जरूरी कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग से संबंधित एमओयू की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं में निवेश करने वालों को बिजली आपूर्ति विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय दरा पर कराई जाये बलरामपुर ज़िले में सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत स्थानीय सांसद दद्दन मिश्रा ने आज सौ से अधिक दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम उपकरण प्रदान किये वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास के आधार पर समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिये काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इन उपकरणों की सहायता से दिव्यांग बच्चों को हौसला मिलेगा और वह पढ़ लिखकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक आभा त्रिपाठी ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन बच्चों को चिन्हित किया गया और एल्मिको कानपुर के सहयोग से इन्हें यह उपकरण दिये गये हैं ताकि इन बच्चों को स्कूल आने और पढ़ने लिखने में ज़रूरी मदद मिल सके विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद पांच राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है

श्री चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह जनादेश का सम्मान करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे राजस्थान में कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के लिये विधायकों की बैठक हो रही है उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है राज्य में कांग्रेस पार्टी अड़सठ सीटें जीत कर दो तिहाई बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई है

मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने पार्टी प्रमुख जोरामथंगा को कल ही विधायक दल का नेता चुन लिया था उन्हें शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिये कांग्रेस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष चन्द्र शेखर राव और मिज़ोरम में मिज़ो नेशनल फ्रंट को बधाई दी है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विनमृता के साथ जनादेश स्वीकार करती है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं छोटे कारोबारियों और किसानों की जीत करार दिया है उन्होंने कहा है कि इससे कांग्रेस पार्टी पर बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है और वह इन राज्यों को नई दिशा देगी